राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे भाजपा विघायक दल भाजपा विधायक दल की एक बैठक कल देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में हुई बैठक में आगामी लोकसभा सभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई और विधायकों से राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी ली गई बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित मंत्रिमंडल के सदस्य व विधायक भी मौजूद रहे

प्रदेश कृषि विमाग के निदेशक देसराज ने बताया कि मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड पर मुहैया करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि ये कार्ड किसानों को मुफ्त दिए जाते हैं देसराज ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उददेश्य पोषक तत्वों की कमी की भरपाई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना और मिट्टी की उर्वरकता से संबंधित समस्याओं का निदान करना है स्नेही सनराईज सोशल हैल्थ एण्ड एनवायरमैंटल एसोसिएशन ने प्रदेश में लोकायुक्त मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के सदस्यों के खाली पद जल्द भरने की मांग की है ऐसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष मोहन स्नेही ने एक बयान में कहा है कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति न होने से अधिकतर कार्य लम्बित पड़े हैं उन्होंने कहा कि में संस्था के पदाधिकारी राज्यपाल व राष्ट्रपति को मामले के संबंध में पत्र लिखेंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है राष्ट्रपति के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है देवमूमि के आशीर्वाद की बदौलत राष्ट्रपति पद तक पहुंचा दैनिक जागरण और हिमाचल दस्तक के अनुसार हिमाचल की मिटटी के आशीर्वाद से बना राष्ट्रपति दिव्य हिमाचल की सुर्खी है वीवीआईपी कल्वर से आम जनता को परेशानी से महामहिम आहत अमर उजाला लिखता है राष्ट्रपति कोविंद ने मालरोड पर की सैर चाय पी किताबे खरीदी दैनिक न्याय सेतु का शीर्षक पीटरहाफ में नवाजे राष्ट्रपति कोविंद जबकि अजीत समाचार के शब्द हैं हिमाचल के लोगों के लिए खुले हैं राष्ट्रपति भवन के द्वार कांग्रेस प्रभारी को लेकर अमर उजाला लिखता है शिंदे हटाए रजनी पाटिल बनी हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी दैनिक जागरण की सुर्खी है रजनी पाटिल को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी का जिम्मा पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल की लगभग एक जैसी सुर्खी है रजनी पाटिल हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी नियुक्त जबकि दैनिक न्याय सेतु के अनुसार शिंदे आउट रजनी को बनाया कांग्रेस प्रभारी

अमर उजाला का शीर्षक है पहाड़ से मैदान तक तपा हिमाचल जंगल दहके आपका फैसला की सुर्खी है प्रचंड गर्मी की चपेट में पहाड़ मैदानों में लू का कहर

दिल्ली लेह रूट पर आज से दौड़ेगी बस अमर उजाला की एक खबर है

चंबा के बघेइगढ़ सीनियर सैकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी पर स्कूली बच्चों ने पहले खाना फिर कक्षाएं छोड़ी अमर उजाला की एक खबर है यूजी कक्षाओं में खत्म होगा सेमेस्टर सिस्टम शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है रूसा पुनर्विचार कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट

दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में राष्ट्रपति के शिमला दौरे पर प्रदेश सरकार के यातायात व्यवस्था के समाधान पर लिए फैसले की सराहना करते हुए शीर्षक दिया है मिनी बस में मंत्रिमंडल